मुख्यमंत्री ने कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना से अन्य राज्यों की संस्कृति से रूबरू होंगे विद्यार्थी कर्नाटक के छात्रों ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात

नागरिकता संशोधन अधिनियम सरकार ने स्पष्ट किया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम से किसी भी धर्म या क्षेत्र के भारतीय नागरिक पर कोई प्रतिकृल असर नहीं पड़ेगा सरकार ने इस अधिनियम को लेकर किए जा रहे दृष्प्रचार से ग्मराह नहीं होने की अपील की है सरकार ने स्पष्ट किया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान के छह अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के लिए एक सक्षम कानून है यह मानवीय आधार पर प्रस्तावित किया गया है क्योंकि ये अल्पसंख्यक अपने धर्म के आधार पर उत्पीड़न के कारण इन तीन देशों से भाग कर आये हैं यह अधिनियम किसी से नागरिकता नहीं छीनता है यह एक मिथक है कि नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेजों को अभी एकत्र करने की आवश्यकता है अन्यथा लोगों को निर्वासित कर दिया जाएगा केन्द्र ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राष्ट्रव्यापी एनआरसी की घोषणा नहीं की गई है जब भी घोषणा की जायेगी नियम और दिशा निर्देश इस तरह से तैयार किए जाएंगे कि किसी भी भारतीय नागरिकता को किसी भी उत्पीडन का सामना न करना पड़े प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की विशाल धन्यवाद रैली को संबोधित करते हुए लोगों से हिंसा बंद करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने की अपील की प्रधानमंत्री ने डिटेंशन कैंप जैसी किसी चीज के अस्तित्वों को पूरी तरह से खारिज कर दिया उन्होंने विपक्ष पर इस प्रकार की अफवाहें फैलाकर वोट बैंक की राजनीति करने का भी आरोप लगाया समीक्षा बैठक टिहरी टिहरी सांसद महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पर हो रही राजनीति को द्र्भाग्यपूर्ण बताया उन्होंने कहा कि इस बिल से सभी को फायदा होगा यह बिल राष्ट्र के हित में है टिहरी पहुंची सांसद ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर कृछ लोग अपनी राजनीति के लिए काम कर रहे हैं इससे पहले टिहरी सांसद ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में विभिन्न योजनाओं के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली और मीक्षा की उन्होंने केन्द्र पोषित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए बैठक में सक्षम अधिकारियों के उपस्थित न होने पर उन्होंने नाराजगी जताई एक भारत श्रेष्ठ भारत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना से छात्र छात्राओं को अन्य राज्यों की कला एवं संस्कृति समझने का अवसर प्राप्त होगा इससे बच्चे साथ रहना सीखेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत कल कर्नाटक से आए छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी राज्यों की संस्कृति इतिहास भाषा ज्ञान विज्ञान ँआदि को समझना है उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति अनेकता में एकता की रही है थोड़ी थोड़ी दूरी में बोली भाषा में अंतर देखने को भिलता है लेकिन संस्कृति एक है इस मौके पर कर्नाटक से आए बहत से छात्रों ने अपने विचार भी व्यक्त किए उन्होंने कहा कि देवमूमि उत्तराखण्ड आकर उन्हें काफी खुशी हई हैं छात्र छात्राओं ने लाल बहादुर शास्त्री आईएएस एकेडमी मसूरी यूकोस्ट एफआरआई ऋषिकेश हरिद्वार और ग्रामीण क्षेत्रों का भी भ्रमण किया

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्वामी श्रद्धानंद ने भारत में तत्कालीन कुरीतियों के विरूद्व आवाज उठायी और उन पर प्रहार किया उन्होंने कहा कि स्वामी श्रद्वानंद ने भेदभाव और छुआछूत जैसे कलंक के विरूद्ध लडाई शुरू की इस अवसर पर उन्होंने देवभूमि और शांतिप्रिय प्रदेश होने की गरिमा को बनाये रखने के लिए प्रदेशवासियों का आभार जताया

इस दौरान दल को टैकिंग रूल्स के बारे में जानकारी दी गई साथ ही दल ने ट्रैकिंग के दौरान जामू से नागताल तक बिखरे अजैविक कचरे को एकत्र किया छात्रो को ट्रैकिंग के साथ ही प्रकृति के संरक्षण संवर्द्धन की जानकारी दी गई पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल ने बताया कि जनपद में कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो देश दुनिया के सैलानियों की नजर से दूर हैं इन स्थानों को पहचान दिलाने के लिए ट्रैकिंग का आयोजन किया जा रहा है उन्होंने कहा कि ट्रैकिंग के दौरान छात्रों में प्रकृति और उसके संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया उन्हें बताया गया कि किस तरह छोटे छोटे तालाबों से निचले हिस्से में पानी की आपूर्ति होती है इसलिए इसका संरक्षण बहत जरूरी है सम्मान समारोह सूबे के शिक्षा मंत्री अरविंद पाण्डे ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा के उन्नयन और सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए संकल्पित है शिक्षा मंत्री ने गोपेश्वर में शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान समारोह में भाग लिया उन्होंने कहा कि जिले के जीर्ण शीर्ण अवस्था में पडे स्कूली भवनों को चिन्हित किया गया है जल्द ही उनका पुनर्निर्माण किया जायेगा

शिक्षा मंत्री ने राजकीय इण्टर कॉलेज अल्कापूरी गोपेश्वर से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के विद्यालयों में आईसीटी वर्चुअल क्लासेज के माध्यम से सीधे संवाद द्वारा विद्यार्थियों को जेईई और नीट की परीक्षाओं में सफलता प्राप्ति के लिए प्रशिक्षण सुविधा का उद्घाटन किया उन्होंने कहा कि प्रदेश में शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आईसीटी वर्चुअल क्लासेज के माध्यम से समान और प्रतिभा को निखरने का अवसर प्रदान होगा

नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रदेश के सूचना सचिव दिलीप जावलकर को यह पुरस्कार प्रदान किया

कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने सम्बोधन में उत्तराखण्ड राज्य को पुरस्कार भिलने पर बधाई देते हये कहा कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में फिल्म शटिंगों के लिए अनुकल वातावरण तैयार करने के सराहनीय प्रयास गये हैं उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड को यह पुरस्कार मिलने से जहां एक ओर पर्यटन के क्षेत्र में गति आयेगी वहीं फिल्म शूटिंग में वृद्धि होगी राज्य के सूचना सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि उत्तराखण्ड को यह पुरस्कार मिलने से प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा देश विदेश के फिल्म निर्माता राज्य में अधिक से अधिक संख्या में आयेंगे उन्होंने कहा कि प्रदेश की फिल्म नीति को और अधिक आकर्षक बनाया गया उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा फिल्मों को सब्सिडी दिया जाना भी प्रारम्म कर दिया गया है श्री जावलकर ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के इस पुरस्कार के लिए उत्तराखण्ड का चयन सभी के लिए गौरव की बात है आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा निर्धारित मानकों का परीक्षण कर यह प्रस्कार प्रदान किया जाता है पुरस्कार के लिए निर्घारितों मानकों के अनुसार विवरण केंद्र सरकार को प्रेषित की किया जाता है प्रतिवर्ष दिये जाने वाले इस पुरस्कार के लिए सभी राज्यों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं

इस संबंध में हुई बैठक में जिलाधिकारी आशीष चौहान ने विभागीय अधिकारियों माघ मेले के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ ही यातायात पार्किंग साफ सफाई स्नान घाट चेंजिंग रूम आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये जिलाधिकारी ने माघ मेले में क्याकिंग शिप शेयरिंग कम्पीटिशन बाल फिल्म साइंस फेयर बैटल बैंडस आदि कार्यक्रम भी आयोजित कराने के भी निर्देश दिये बछिया प्रदर्शनी पौड़ी जिले के चौबट्टाखाल में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा उन्नत वृहद बछिया प्रर्दशनी शुरू हो गई है इस प्रदर्शनी में सामूहिक कृत्रिम गर्भाधान के लामों के बारे में बताया गया जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्बयाल ने बताया कि इस विधि से नई प्रजाति बनाई जाति है और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होती है इससे कृषकों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी सामुहिक कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम और पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम से पशुपालक मी खूश है

इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए पशुपालन विभाग द्वारा समय समय पर जिले में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है संक्षिप्त समाचार चमोली में गरीब जरूरतमंद और निराश्रित लोगों की मदद के लिए निःशुल्क वस्त्र बैंक शुरू किया गया है यहां पर कोई भी दानी दाता स्वेच्छा से अपने नए पुराने वस्त्रों को जमा कर सकते हैं ताकि जरूरतमंद लोगों को इसका लाम मिल सके

एनएच और निर्माण कार्य में लगी कम्पनी को सड़क खोलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा